इस दौरान प्रधानमंत्री सिस्सू में जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री के दौरे के दृष्टिगत मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज लाहौल घाटी में तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल टनल लाहौल के लोगों के लिए वरदान साबित होगी और इससे कृषि बागवानी व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इस अवसर पर जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि टनल के खुलने के बाद इसी साल लाहौल में शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाएगा प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं कुल्लू जिला प्रशासन ने सोलंग नाला सहित अटल टनल रोहतांग के क्षेत्र में पैराग्लाईडिंग जैसी साहसिक गतिविधियों का संचालन न करने के निर्देश दिए हैं इसके अलावा पर्यटकों को सोलंग नाला व मनाली के उपरी क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को घर द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है सोलन ज़िले में कसौली विधानसमा क्षेत्र के धर्मपुर में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है

राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने आज बिलासपुर ज़िले के पपलाह में महिला मंडल भवन और पोषाहार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर वर्ष सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है और समृद्व राष्ट्र के निर्माण के लिए उचित पोषण आवश्यक है गर्ग ने कहा कि पोषण अभियान का उद्देश्य लोगों को पौष्टिक आहार के बारे में जागरूक करना है उन्होंने लोगों से कुपोषण को दूर करने में सहयोग का आह्वान भी किया इस बीच पोषण माह के दौरान चंबा ज़िला के आंगनबाड़ी केन्द्रों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर धातृ व गर्मवती महिलाओं को सही पोषण के प्रति जागरूक किया और बच्चों को भी पोषाहार वितरित किया

पठानिया ने कहा कि प्रदेश में विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस अब शिमला में ही मिलेगी इस अवसर पर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि कुटलैहड़ क्षेत्र में पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया गया है उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय युवाओं को रोज़गार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी

इसी कड़ी में प्रदेश भाषा व संस्कृति विभाग द्वारा साहित्यिक कार्यकमों की श्रृंखला में आज शिमला में राज्य स्तरीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया

उधर किन्नौर ज़िला नेहरू युवा केन्द्र ने महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज रिकांगपिओ में एक प्रभातफेरी निकाली जिसमें स्थानीय महिला मंडल सहित युवा सेवा व खेल विभाग से संबंधित युवक मंडल के सदस्यों व विद्यार्थियों ने भाग लिया